कार्यकम में श्री मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का समूचे देश में विस्तार भी करेगें

प्रधानमंत्री आज बेटी बचाओ बेटी पढाओ की प्रस्तिका का विमोचन भी करेंगे समारोह में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी और कई केन्द्रीय तथा राज्य के मंत्रियों सहित स्थानीय सांसद विघायक और अधिकारी मौजूद रहेंगे इस अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के माकूल इंतजाम किये गये हैं

प्रधानमंत्री के कार्येकम का प्रदेश के सभी विद्यालयों में प्रसारण किया जाएगा

इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में उल्लेखनीय काम करने वाली महिलाओं और संस्थाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग आज महिला उद्यमी मंच की शुरुआत करेगा आयोग ने बताया कि यह मंच महिलाओं के लिए जीवंत उद्यमिता पारिस्थितिकी उपलब्ध करायेगा जहाँ उन्हें लिंगभेद का सामना नहीं करना पड़ेगा इसका उद्देश्य महिला उद्यमियों की संख्या बढ़ाना है जो नये भारत का निर्माण करेंगी और उसे सशक्त बनायेंगी

मंच की श्रुआत के मौके पर वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कारों के नामांकन भी खोले जायेंगे प्रदेशभर में भी महिला दिवस पर विभिन्न कार्यकम आयोजित किये जा रहे हैं इन कार्यक्रमों में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा

कार्यकम में जयपुर मेट्रो द्वारा देश के पहले महिला शक्ति मेट्रो स्टेशन के रूप में श्याम नगर स्टेशन को सम्पूर्ण महिलाओं द्वारा संचालित करने पर सम्मानित किया गया

इसे सुबह ग्यारह बजे से आकाशवाणी के एफ एम रेनबो इन्द्रप्रस्थ और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा

राजस्थान से भूपेन्द्र यादव को फिर से प्रत्याशी बनाया गया है उत्तरप्रदेश से अरूण जेटली महाराष्ट्र से प्रकाश जावडेकर मध्यप्रदेश से थावरचन्द गहलोत और धर्मेन्द्र प्रधान गुजरात से मनसुख माण्डविया और परषोत्तम रूपाला हिमाचल प्रदेश से जगत प्रकाश नइडा और बिहार से रवि शंकर प्रसाद उम्मीदवार होंगे

कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया पेंशनधारियों को इस साल पहली जनवरी से डीए की अतिरिक्त किश्त जारी की जाएगी

बोर्ड ने प्रश्नपत्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च महत्व देते हुए इसके पुख्ता बंदोबस्त किए है

ये परीक्षा दो अप्रैल को समाप्त होगी

अब राज्य में गेहूं की फसल को किसान ऑफलाइन भी बेच सकेंगे इस संबंध में मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टरो को निर्देश दिए हैं

राज्य के खेल मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की उपस्थिति में आरसीए अध्यक्ष डा सी पी जोशी और राजस्थान रॉयल्स चेयरमैन रंजीत बारठाकर ने समझौते पर हस्ताक्षर किये